प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी बिहार के उपमुख्यमंत्री सूशील कुमार मोदी भी बैठक में भाग लेंगे माना जा रहा है कि बैठक में इन राज्यों में चल रहे जन कल्याण के कार्यों की समीक्षा की जाएगी बैठक में सुशासन और गरीबों के हित की नीतियों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी आगामी लोकसभा चुनावों और तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है प्रदेश के दस अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक सितम्बर से चिन्हित मरीजों का इलाज होगा पीएमसीएच में इस योजना के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अहमद अंसारी ने बताया कि पीएमसीएच और आईजीआईएमएस के अलावा पटना एम्स एनएमसीएच बेतिया भागलपुर मुजफ्फरपुर दरभंगा और गया मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया जायेगा उन्होंने बताया कि मरीज को फिलहाल आधार या राशन कार्ड लाना होगा यदि किसी मरीज के पास ये दोनों चीजें नहीं हैं तो भी नाम से ही इस बात का पता कर लिया जायेगा कि वह लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं इलाज और जांच में होने वाले खर्च का बिल निकलेगा लेकिन मरीजों को उसका भुगतान नहीं करना होगा पटना के आसरा गृह मामले की जांच रिपोर्ट में लापरवाही के कारण दोनों महिलाओं की मौत की हुई पुष्टि है सिटी एसपी डी अमरकेश ने बताया कि मामले की सुपर विजन रिपोर्ट तैयार हो गयी है उन्होंने कहा कि पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं जिससे पुष्टि होती है कि संचालकों द्वारा इस मामले में पूरी तरह से लापरवाही बरती गयी श्री अमरकेश ने कहा कि दोनों मृतक महिलाओं की मेडिकल रिपोर्ट आईएमए को जांच के लिए भेजी जायेगी उन्होंने कहा कि दोनों महिलाओं की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए एफएसएल को बेसरा भेजा गया है पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की सुनवाई करते हुये यह टिप्पणी की मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले की जांच से जुड़ी रिपोर्टिंग पर रोक लगाने का मकसद सिर्फ जांच की दिशा को प्रभावित होने से बचाना है श्री शाह ने कहा कि मीडिया रिपोर्टिंग से यदि इस मामले का अनुसंधान प्रभावित होता है और अभियुक्तों को अपने बचाव का मौका मिलता है तो यह गलत होगा उन्होंने इस मामले में मीडिया द्वारा दिखाई गयी संवेदनशीलता की तारीफ की मामले की आज भी सुनवाई होगी पटना हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हुई वित्तीय अनियमितता की जांच अब तक शुरू नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुये निगरानी विभाग के एडीजी को दस सितम्बर को उपस्थित होने का आदेश दिया है मुख्य न्यायाधीश एम आर शाह और न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया याचिका में कहा गया है कि महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में दस करोड़ इकसठ लाख रूपये की अनियमितता सामने आने के बाद भी निगरानी विभाग ने अभी तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदेश में अब तक बारह लाख चौहत्तर हजार लोगों के बीच दस हजार करोड़ रूपये ऋण का वितरण किया जा चुका है इस योजना के तहत शिशु के साथ ही किशोर ऋण लेने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में किशोर योजना के तहत पैंतीस हजार दो सौ छप्पन लोगों को छह सौ चौरानवे करोड़ रूपये का ऋण दिया गया वहीं शिशु योजना के तहत दो लाख पैंतीस हजार से अधिक लोगों को पांच सौ नब्बे करोड़ रूपये का लोन मिला है वर्ष दो हजार सत्रह अठारह में किशोर लोन के तहत एक लाख उनासी हजार आठ सौ इकतीस लोगों के बीच चौवालीस करोड़ रूपये के ऋण बांटे गये जबकि शिशु लोन के तहत आठ लाख लोगों के बीच दो हजार आठ सौ तीन करोड़ रूपये का ऋण दिया गया चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चार लाख अस्सी हजार लोगों के बीच नौ हजार सात सौ उनतीस करोड़ रूपये लोन देने का लक्ष्य रखा गया है आर्थिक अपराध इकाई ने जहानाबाद जिले के घोसी में पदस्थापित पंचायत सचिव देवेन्द्र कुमार के चार बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है पिछले दिनों ईओयू ने आरोपी पंचायत सचिव के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी जिसमें करोड़ों रूपये की चल अचल सम्पत्तियों का खुलासा हुआ था बेगूसराय जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे चौदह शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले की आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग ने चौसठवीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निबंधन की अंतिम तारीख तीस अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा कर उनतीस अगस्त तक कर दी है वहीं इंटर कम्पार्टमेंटल परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र स्नातक में नामांकन के लिए अठाईस से तीस अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे राज्य सरकार आईटीआई छात्रों को पोशाक और जूते के लिए हर साल तीन हजार रूपये देगी शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों ने कल प्रदेश के दो सौ उनतीस उच्च विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया इस दौरान शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति समेत साईकिल और पोशाक योजना के तहत दी जाने वाली राशि की समीक्षा की गयी प्रदेश के तेरह सड़कों को केन्द्रीय सड़क निधि से विकसित किया जायेगा पथ निर्माण विभाग ने इस संबंध में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है कृषि विभाग ने यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए उड़न दस्ता दल का गठन किया है यह दल मनमानी कीमत पर यूरिया की बिक्री की जांच करेगा पटना जिले के तीन स्थानों पर चोरों ने एटीएम काटकार बीस लाख रूपये लूट लिये जिले के पत्रकार नगर भागवतनगर और मनेर थाना क्षेत्र स्थित विभिन्न बैंकों के एटीएम को काटकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया पूरे प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ने लगा है मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून अभी बंगाल और झारखंड में सक्रिय है जिस कारण इन राज्यों की सीमाओं से जुड़े इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों की अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है बिहार में पॉलिथीन पर लगेगा प्रतिबंध हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शीघ्र कानून बनाने का दिया आदेश दैनिक जागरण की सुर्खी है देहरादून में उड़ा देश का पहला बायो फ्यूल विमान दैनिक भास्कर ने चुनाव आयोग के साथ सभी दलों की हुई बैठक को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है मुख्य चुनाव आयुक्त बोले मतपत्र से चुनाव हुआ तो फिर होगी बूथ कैप्चरिंग प्रभात खबर ने एशियाई खेलों से जुड़ी खबरों पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में दिलाया गोल्ड पीवी सिंधु बैडमिंटन के फाइनल में राष्ट्रीय सहारा लिखता है सीबीआई ने मुजफ्फरपुर मामले की प्रगति रिपोर्ट पटना हाई कोर्ट को सौंपी आज की सुर्खी है डीजल में में चौदह और पेट्रोल में तेरह पैसे की बढ़ोतरी